खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने रामनवर्मी के मौके पर चामुण्डा मंदिर में आयोजित विशेष पूजा अर्चना में भाग लेने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक नई योजना देवभूमि दर्शन शुरू की गई है

इस दौरान किशन कपूर ने चामुण्डा मन्दिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यो का जायजा भी लिया इससे पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दाड़नू में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में आयोजित रामलीला के अवसर पर लोगों से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रण लेने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने न केवल असुरी शक्तियों को समाप्त किया बल्कि संपूर्ण मानव जाति को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया सैजल ने कहा कि मौजूदा समय में भी सभी को अपने सामर्थय के मुताबिक कुरीतियों व बुराईयों को रवत्म करने का बीड़ा उठाना चाहिए उन्होंने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में लोगों से पूरा सहयोग देने का आग्रह किया नवरात्र शारदीय नवरात्रों में आज माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई मान्यता है कि इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्दियों की प्राप्ति हो जाती है नवमीं की पूजा के साथ ही आज शारदीय नवरात्र सम्पन्न हो गए नवरात्र पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और यज्ञ भंडारों का आयोजन चलता रहा प्रदेश के पांच शक्तिपीठों सहित विभिन्न मन्दिरों में धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है सोलन के शूलिनी मन्दिर में भी दिनभर श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा इस दौरान श्रद्वालुओं ने मां के दरबार में शीश नवा कर आर्शीवाद प्राप्त किया भेंट बिलासपुर जिला के झंडुता निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक जेआरकटवाल के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की इस दौरान उन्हें क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत कराया गया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सभी उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर जिला के नाहन व आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया उन्होंने निर्माणाधीन बहुदेशीय आंतरिक खेल मैदान का निरीक्षण कर लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य पूरा करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए बिंदल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित हाउसिंग बोर्ड कलौनी ताला सड़क सहित अन्य स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए समन्वयक राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी शिक्षा खंडों में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके खंड स्रोत समन्वयकों को बदलने के निर्देश जारी किए हैं

प्रदेश स्कूल एकीकृत योजना के राज्य परियोजना निदेशक ने इस कार्य में सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों व जिला परियोजना अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं कुल्लू दशहरा सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कल शुरू होगा राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम सात बजे कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में दशहरा उत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे इससे पहले राज्यपाल भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा में भाग लेंगे इस रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ के साथ साथ जिले भर के देवी देवताओं के रथ भी शामिल होंगे आचार्य देववत दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई जाने वाली विकासात्मक प्रदशर्नियों का शुभारंभ भी करेंगे कुल्लू दशहरे की विशेषता यह है कि जहाँ पूरे देश में दशहरा समाप्त होता है वहीं कुल्लू में यह उत्सव आरम्भ होता है कुल्लू दशहरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है इस बार संदिग्धो पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी सहित ड्रोन कैमरो की मदद ली जा रही है

उत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में इस बार चार देशों के सांस्कृतिक दल अपनी अपनी प्रस्तुतिया देंगे देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार भी अपने कार्यक्रम पेश करेंगे राम रथ यात्रा इस बीच सोलन में श्रीराम सेवा दल ने दशहरा पर्व से पहले मर्यादा पुरूषोतम श्रीराम की भव्य रथ यात्रा निकाली इस दौरान श्रीराम के भजनों से पूरा शहर भक्तिमय बना रहा और भजनों के माध्यम से लोगों को श्रीराम के आदर्शों के बारे में जानकारी दी गई